अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नवगठित पाक्के केसांग जिले के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए विकास कार्यों में सहयोग की अपील की

उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री नाबम रेबिया ने गठित समिति राज्य के विभिन्न इलाकों में सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठक कर रही है श्री फेलिक्स ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न फोरम और अवसरों पर राज्य और यहा के मूल नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाने की वचनवद्वता दोहराई है तेजू एयरपोर्ट नागरिक विमान सेवाओं के लिए बनकर तैयार हो गया है

लोकसभा में कल सांसद निनोंग ईरिंग द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यह जानकारी दी कांग्रेस विधायक दल के नेता ताकम पारियो ने दावा किया है कि पार्टी आगामी चुनावों में दुबारा सत्ता में आयेगी पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी की जगह नया विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री पारियो ने कहा कि आगामी चुनावो में जनता जोड़ तोड़ का जवाब देगी ईस्ट सियांग जिले के मनगांग विलेज में कल एक आगदुर्घटना में चार द्रकानों सहित सात घर जल कर नष्ट हो गए

जिला उपायुक्त तामियो तातक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल राहत सहायता के रुप में प्रत्येक प्रभावित परिवार को तीन हजार आठ सौ रुपये प्रदान किया केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज डाक विभाग के ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की यह विक्रेताओं खास तौर से ग्रामीण कारीगरी स्व सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराएगा इससे खरीददार पोर्टल पर अपनी पसंद के उत्पाद की पहचान कर सकेंगे और डिजिटल रुप से भुगतान कर आर्डर दे सकते है श्री सिन्हा ने कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत आने वाले डाकघर बचत बैंक के खाताधारकों के लिए इंटरनेट सुविधा की भी शुरुआत की संचार मंत्री ने भारतीय डाक विभाग की संशोधित वेबसाइट के नये रुप का भी अनावरण किया केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कल दिल्ली में असम के ब्रह्मपुत्र नदी से लगे बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में समुदाय आधारित बाढ़ आशंका प्रबंधन गतिविधियों नदी तट संरक्षण कार्यो और बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए बांधों की मरम्मत के लिए छह करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए यह ऋण अक्टूबर दो हजार दस में एशियाई विकास बैंक निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत असम एकीकृत बाढ़ एवं नदी तट क्षरण संकट प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत मंजूर बारह करोड़ डॉलर ऋण का अंश है इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अपर सचिव और एशियाई विकास बैंक के इंडिया रेसिडेंट मिशन के कंट्री डाईरेक्टर केनिची योकायामा ने हस्ताक्षर किए तवांग जिले के जांग सब डिविजन के गोंखार गांव में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के चौबालीस विभागों ने आस पास के गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ पहुचाया

इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से राज्य और समाज के हित में काम करने की अपील की इस प्रतियोगिता में प्रदेश के तेरह जिलों की टीमे हिस्सा ले रही है

अरुणाचल प्रदेश का मुकाबला कल ओड़िसा से होगा निर्धारित समय में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की टीमे एक एक गोल की बराबरी पर थी अतिरिक्त समय में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से उज्जल रैय ने शानदार गोल कर टीम को जीत दिलाई इससे पहले ओड़िसा ने झारखंड को छह दो से पराजित कर फाईनल में प्रवेश किया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 आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया